कई दिग्गज नेता कर रहे हैं रैलियां

आज भी अधिकतर स्थानों पर चालीस के पार रहा पारा

मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में निघासन और पश्चिम बंगाल के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले गये

गौरतलब है कि दो हजार नौ में चौवन और दो हजार चौदह में चौसठ प्रतिशत मतदान हुआ था अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार छियासठ प्रतिशत से अधिक वोट डाले गये हैं ये आंकड़े बढ़ने की संभावना है आज सीधी शहडोल जबलपुर मंडला बालाघाट और छिन्दवाड़ा में वोट डाले गये

आज मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई नामांकन प्रदेश में आखरी चरण में आठ लोकसभा क्षेत्रों इन्दौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगोन और खंडवा में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था इन्दौर में भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी और कांग्रेस के पंकज संघवी ने अपना नामांकन दाखिल किया इस दौरान दोनो पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीद्वार नंदकुमार सिंह चौहान ने अपना नामांकन पत्र जमा किया मतदान आरोप सीधी से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद रीति पाठक ने चुरहट विधानसभा क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्यों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ द्वर्व्यवहार भी किया कुछ केन्द्रों पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई गौरतलब है कि सीधी से कांग्रेस ने अजय सिंह को मैदान में उतारा है वे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह के पुत्र हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं ईवीएम बदली प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने बताया कि आज मतदान के दौरान एक सौ छह मतदान केन्द्रों पर ईवीएम मशीन खराब हो जाने के कारण मशीनों को बदला गया इसके अलावा छियालीस बैलेट यूनिट और उन्तीस कंट्रोल यूनिट को भी बदलना पड़ा एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मॉकपोल के दौरान भी दो सौ सात मतदान केन्द्रों में ईवीएम सहित अनेक बैलेट और कंट्रोल यूनिट को भी बदलना पड़ा था

कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बैतूल में चुनावी सभा को संबोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी कल टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी किरण अहिरवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे यहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रैली करेंगे वहीं केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज सागर दमोह भिण्ड लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं इस दौरान श्री सिंह सागर लोकसभा के शमशाबाद में पार्टी प्रत्याशी राजबहाद्र सिंह के समर्थन में वोट की अपील की इसके बाद वे दमोह लोकसभा क्षेत्र के शाहगढ़ पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड के कोडरमा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र में विपक्ष घोटाले और वंशवाद की राजनीति कर सकता है लेकिन जनता के लिए काम नहीं करता मोदी ने कहा कि विपक्ष पहले भी एकजुट हुआ था ताकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री न बन सकें कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज राजस्थान के धोलप्र में एक च्नावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह एक नया कानून बनायेगी जिससे किसी भी किसान को ऋण की अदायगी न कर पाने पर जेल में नहीं डाला जायेगा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए तीन वर्ष तक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी सुको राफेल नोटिस कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अपनी टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर किए गए न्यायालय की अवमानना के मामले में जारी नोटिस का आज जवाब दाखिल किया

उन्हें यह नोटिस राफेल पर फैसले के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर की गई टिप्पणी के लिए जारी किया गया उच्चतम न्यायालय ने इस टिप्पणी को गलत बताया था प्रादेशिक समाचार दर्शन समाचार एकांश का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन आज खास तौर पर प्रदेश के पहले चरण के मतदान पर केन्द्रित है इसी तरह आजकल कार्यक्रम को भी आम मतदाताओं की प्रतिकियाओं पर तैयार किया गया है

याचिका में निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लघंन की शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कल सुनवाई करेगी असम में सिलचर से लोकसभा सदस्य कांग्रेस की सुष्मिता देव ने यह कहते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी कि निर्वाचन आयोग ने मोदी और शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लघंन की शिकायतों पर अभी तक कोई निर्णय नही लिया है गर्मी सूर्य की किरणें धरती पर लम्बवत पड़ने कोई व्हैदर सिस्टम नहीं होने के साथ साथ हवाओं का रुख पश्चिमी होने के कारण देश के साथ साथ प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है कल महाराष्ट्र के अकोला के बाद प्रदेश का खरगोन जिला सर्वाधिक गर्म रहा

जिले में दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है

मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में अभी गर्मी का दौर जारी रहेगा प्रदेश के किसी भी स्थान पर प्रि मानसून बारिश होने की संभावना नहीं है साथ ही सागर जबलपुर उज्जैन इन्दौर और होशंगाबाद संभागों में लू चलने की चेतावनी दी गई है